मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह का किया शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज द्निया के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए श्री मोदी ने बारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को कल संबोधित करते हुए यह बात कही आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाये और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाये श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा उन्होंने कहा कि भारत जब ब्रिक्स का नेतृत्व संभालेगा तो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और पारपरिक दवाओं को ब्रिक्स देशों में बढ़ावा देगा प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपने मजबूत औषधि क्षेत्र की बदौलत भारत कोविड महामारी के प्रकोप के दौर में डेढ़ सौ से अधिक देशों को दवाएं उपलब्ध कराने में सफल रहा उन्होंने कहा कि भारत की टीका निर्माण और इन्हें उपलब्ध कराने की क्षमता से भी समूची मानवता को फायदा होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है श्री मोदी ने कहा कि भारत बहुपक्षीयता की धारणा पर विश्वास करता आया है और भारतीय परंपरा में समूचे विश्व को अपना परिवार माना जाता है उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों के प्रति पूरी तरह वचनबद्व है श्री मोदी ने कहा कि इस साल के सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक स्थिरता साझा सुरक्षा और नवाचार आधारित विकास केवल समसामयिक महत्व के विषय नहीं हैं बल्कि यह भविष्य पर भी आधारित है प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में बड़े भू रणनीतिक बदलाव हो रहे हैं जिनका असर वैश्विक स्थिरता सुरक्षा और विकास पर पड़ेगा विश्व में महत्वपूर्ण जीयो स्ट्रैटेजिक बदलाव आ रहे हैं जिनका प्रीशाव स्टेबिलिटी सिक्योरिटी और ग्रोथ पर पड़ना है और पड़ता रहेगा और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वितीय विश्वयुद्ध में शहीद हुए सैनिकों को भी श्रद्वांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद के दौर की दुनिया की जरूरतों का जायजा लेने का वक्त आ गया है उन्होंने शहरों में नई जान फूंकने का भी आहवान किया है कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जो शहर हमारे विकास के केंद्र माने जाते हैं वे नाजुक इलाके भी बन सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि शहरों को फिर से पटरी पर लाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम अपनी सोच प्रक्रियाओं और काम करने के तौर तरीकों का फिर से निर्धारण नहीं करेंगे प्रधानमंत्री ने शहरों के सतत विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी शहरों की नदियों झीलों और हवा को स्वच्छ बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान जहां दुनिया भर में अनेक शहरों में लॉकडाउन का विरोध हो रहा था वहीं भारत के शहरों ने महामारी की रोकथाम के उपायों का अक्षरशरू पालन कर अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तराखण्ड स्थित बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे इस मौके पर श्री योगी ने कहा कि पर्यटक आवास गृह का निर्माण पूर्ण हो जाने पर बद्रीनाथ धाम आने वाले प्रदेश के श्रद्धालुओं को सुविधा होगी इस पर्यटक आवास गृह का निर्माण लगभग ग्यारह करोड़ रुपये की धनराशि से राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा कराया जाएगा पर्यटक आवास गृह में चालिस अतिथि गृह निर्मित किये जाएंगे

श्री तिवारी ने कहा कि जिन इलाकों में अधिक संख्या में पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं वहां कांटेक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाया जाये और जांच के काम को और अधिक बढ़ाया जाये उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाली प्रमुख ट्रेनों हवाई जहाज और बस यात्रियों की भी रैंडम आधार पर एंटीजन जांच की जाये इसके अलावा मुख्य सचिव ने कोविड अस्पतालों में पर्याप्त स्टॉफ दवाएं आक्सीजन सहित अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर इसका लगातार अनुश्रवण करने को भी कहा मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं इसलिये सीमावर्ती ज़िलों में विशेष सर्तकता बरतने की ज़रूरत है

जरूरी सुरक्षा सावधानियों के अलावा संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में समी विभागों और छात्रों के बैचों के लिये पूरी तरह रोस्टर के साथ चरणबद्ध तरीके से परिसर खोलने का विवरण तैयार करना होगा शिक्षकों अधिकारियों कर्मियों और छात्रों को आईकार्ड पहनना अनिवार्य होगा संकाय छात्र कर्मचारी को एक दूसरे से बचने के लिये नियमित रूप से जांच जरूरी होगी परिसर में आगंतुकों को बिल्कुल अनुमति नहीं दी जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और माइ जीओवी गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकार्ड किए गए कृष्ठ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने कोविड महामारी के दौरान छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को परेशानी से बचाने के लिए योजना पर अमल करने वाली एजेंसियों के साथ प्रे ताल मेल के साथ कदम उठाए हैं क्छ खबरों में कहा गया था कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के भुगतान की देरी से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की दसवीं के बाद की छात्रवृत्ति योजना के तहत विभाग ने केंद्र सरकार के हिस्से की पचहत्तर प्रतिशत राशि का जून तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भुगतान कर दिया था केंद्र का बाकी पच्चीस प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग स्वीकृत किया गया है